और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करने का किया आग्रह जयराम प्रदेश सरकार कच्चे माल व तैयार उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित बनाने और औद्योगिक इकाईयों के सुचारू संचालन के लिए हर संभव सहायता कर रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर ज़िले के कालाअंब क्षेत्र के स्टील उद्योगपतियों के साथ आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान ये जानकारी दी

जयराम ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने पर भी बल दिया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मंडी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों बूथ पालकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज शिमला से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की मुख्यमंत्री ने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का आग्रह करते हुए कहा कि ये ऐप कोरोना वायरस की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि उत्पादों को बिना किसी बाधा के बाजारों तक पहुचाने के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने को कहा कि क्षेत्र में किसी को भी भोजन की कमी न हो और अन्य राज्यों से आए मजदूरों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दे दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की ई लर्निंग के लिए हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम भी शुरू किया गया है अग्निकांड शिमला ज़िले में रोहड् क्षेत्र की चिड़गांव तहसील में एक बार फिर अग्निकांड का मामला सामने आया है

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि आग की चपेट में आए दो लोग अस्पताल में उपचाराधीन है उन्होंने कहा कि रोहडू व जुब्बल अग्निशमन केंद्रों से पहुंचे तीन दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया उपायुक्त ने कहा कि चिड़गांव में पिछले तीन दिनों में आग लगने की ये तीसरी घटना है इस अग्निकांड में भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है शोक इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अग्निकांड की इस घटना पर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने ज़िला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता के निर्देश दिए उन्होंने चिड़गांव में फायर टेंडर रखने के निर्देश भी दिए ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में अग्निकांड की घटनाओं को कम किया जा सकें शिक्षा मंत्री ने अग्निकांड में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रभावितों को राशन बर्तन कम्बल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की गई है उन्होंने वन मंडलाधिकारी को प्रभावित परिवारों को टी डी के तहत लकड़ी उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गोविंद ठाक्र वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कोरोना वायरस के संकट से उभरने के लिए विभिन्न संस्थाएं आगे आ रहीं हैं उन्होंने आज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का दौरा किया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तीन सौ फेस शील्ड सौंपे ये फेस शील्ड तिब्बतियन खांपा समुदाय के वांगद दोरजे ने कोरोना योद्वाओं को निशुल्क प्रदान किए हैं गोविंद ठाकुर ने दोरजे के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति संकट की इस घड़ी में अपना योगदान दे रहा है गरीब कल्याण कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को दो दो हज़ार रूपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया है कुल्लू ज़िले में भी किसानों के बैंक खातों में योजना के तहत राशि प्राप्त हुई है किसानों ने हमारे जिला संवाददाता आशीष शर्मा से बातचीत में इस आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है

उन्होंने दुकानदारों को मूल्य सूची लगाने के निर्देश दिए

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि ये राशि राजस्व व जीएसटी घाटा प्रतिपूर्ति केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा मनरेगा एनएचएम ई ए पी और आपदा राहत के तहत दी गई है

प्रवक्ता ने मीडिया में प्रसारित केन्द्र द्वारा हिमाचल के करों में हिस्सा काटने की खबरों को भ्रामक व तथ्यहीन करार दिया प्रवक्ता के मुताबिक केन्द्र सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सभी राज्यों को उनके लिए प्राधिकृत केन्द्रीय करों के तहत राशि जारी कर दी है उन्होंने बताया कि किसी भी राज्य का न तो हिस्सा काटा जा सकता है और न ही किसी राज्य को उसके हिस्से से अधिक केन्द्रीय करों की राशि दी जा सकती है पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है उन्होंने राज्यों से विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुविधाएं प्रदान करने को भी कहा निशंक ने यह भी कहा कि एनसीईआरटी ने वैकल्पिक शैक्षणिक कलेंडर भी जारी किया है जिसे राज्य अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूल खोलने की स्थिति में सुरक्षा दिशा निर्देश तैयार करने होंगे

रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा खुलने के बाद लाहौल घाटी में प्रवेश करने वालो पर चौकसी बढ़ा दी गई है कोकसर पुलिस चैक पोस्ट में परमिट दिखाने और मैडिकल जांच के बाद ही लोगों को घाटी में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है